अब तक बारह लाख निन्यानवे हजार से अधिक लोगों को दिये जा च्रके हैं टीके

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुजफ्फरपुर की रहने वाली साहित्यकार अनामिका को उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को हिन्दी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है अनामिका हिन्दी साहित्य में बिहार की पहली महिला साहित्यकार हैं जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है साथ ही वे देश की पहली हिन्दी की कवयित्री हैं जिन्हें साहित्य अकादमी प्रस्कार दिया जायेगा वर्ष दो हजार चौदह में प्रकाशित टोकरी में दिगंत थेरी गाथा काव्य संग्रह बौद्ध धर्म की परम्परा में भिक्षुणियों के अस्तित्व की लड़ाई का चित्रण है वहीं मध्रबनी जिले के जयनगर निवासी कमल कांत झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जायेगा वर्ष दो हजार सोलह में प्रकाशित उनकी रचना गाछ रूसल अछि के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा मैथिली भाषा में यह रचना मानव और पर्यावरण प्रेम के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती है उर्दू में हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की घोषणा की गयी है अमावस में ख्वाब नामक उपन्यास के लिए उनका चयन हुआ है वे गया के रहने वाले हैं श्री हक मगध विश्वविद्यालय के उर्द् विभाग के विभागाध्यक्ष रह च्रके हैं बाल साहित्य अकादमी प्रस्कार के लिए मधुबनी जिले के मेहथ गांव निवासी सियाराम झा सरस का चयन किया गया है उनके मैथिली गीत संग्रह सोनहुल इजोतबला खिड़की के लिए चयन हुआ है वहीं साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार सोनू कुमार झा को दिया जायेगा उनके मैथिली कहानी संग्रह गस्सा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा सोनू कुमार झा मधुबनी जिले के अमादा गांव के रहने वाले हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित होने पर सभी साहित्यकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में कल एक लाख बीस हजार चार सौ लाभार्थियों को कोविड के टीके दिये गये इनमें से एक लाख सत्रह लोगों को टीके की पहली खूराक जबकि बीस हजार तीन सौ तेरासी लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया था राज्य में अब तक बारह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ उनसठ लोगों को टीके दिये जा चुके हैं इनमें से दस लाख अठारह हजार दो सौ पचासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दो लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देश में अब तक दो करोड़ अस्सी लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सत्ताईस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में ग्यारह जिलों से अट्ठाईस नये मामलों की भी प्रष्टि हुई है इसमें सबसे अधिक तेरह मामले पटना से हैं कल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ कर एक हजार पांच सौ उनचास हो गया है देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और होली को देखते हुये राज्य सरकार ने अधिकारियों को टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी सिविल सर्जन को अस्पतालों में व्यवस्था दुरूस्त रखने और जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि अब जहां कोविड के मरीज मिलेंगे वहां माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा तथा आस पास के घरों में रहने वाले लोगों की जांच की जायेगी श्री अमृत ने बताया कि होली पर बाहर से आने वाले लोगों को देखते हुये स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम जांच के भी निर्देश दिये गये हैं खासकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जायेगी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आपसी सहमति से ईवीएम की खरीददारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद सुलझाने को कहा है न्यायामूर्ति मोहित कुमार साह की एकल पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया साथ ही पीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने और राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस केस में उपस्थित होकर सहयोग करने को भी कहा है गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीददारी के वास्ते चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पत्र भेजा था लेकिन आयोग ने अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है पंचायत चूनाव में किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है आयोग ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी पद के लिए उम्मीदवार होगा वह उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्य उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं हो सकता है साथ ही आयोग ने कहा है कि भ्रष्ट आचरण के दोषी पाये गये कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं वहीं आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता की राशि भी तय कर दी है काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है रोहतास कैमूर औरंगाबाद गया नवादा अरवल पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण शिवहर मध्बनी और सीतामढ़ी जिले में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश की सम्भावना है कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है

सुपौल जिले के डगमारा में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना को देश की पहली एकीकृत जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजना के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की समीक्षा के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये उन्होंने कहा कि परियोजना का काम जल्द शुरू होगा और यह देश की अपनी तरह की पहली परियोजना होगी पूर्व मध्य रेलवे ने बाईस मार्च से बरौनी और लखनऊ के बीच दैनिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है यह ट्रेन प्रति दिन बरौनी से रात आठ बजकर पच्चीस मिनट पर खुलेगी वहीं अगले दिन वापसी में यह ट्रेन लखनऊ से दोपहर तीन बजकर पन्द्रह मिनट पर बरौनी के लिए रवाना होगी इधर नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर बगहा से गोरखपुर के बीच एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन कल से शुरू हो गया है समस्तीपुर रेल मंडल के असनपुरा कुपहा निर्मली झंझारपुर रेलखंड पर कल ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया चीफ इंजीनियर आर के बादल ने बताया कि रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी जायेगी राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष एक अगस्त को होगी नीट यूजी दो हजार इक्कीस ग्यारह भाषाओं में होगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी

पटना स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ द्रष्कर्म करने के छह वर्ष प्रराने एक मामले में दोषी ऋषि सिन्हा को आजीवन कारावास के साथ एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है दोषी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है न्यायालय ने पीड़िता को छह लाख रुपये की अनुकम्पा राशि भी दिये जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र अन्तर्गत सैदनपुर मोड़ के पास एक हाईवा की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार दो लोगों की मौत हो गयी गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मत्स्य विभाग के एक जूनियर इंजीनियर राय धीरेन्द्र बहादुर को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है हाजीपुर पुलिस लाईन में महाशिवरात्रि के अवसर पर अश्लील नृत्य के मामले में बारह पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गयी है जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है एसटीईटी का परिणाम जारी बारह विषयों में चौबीस हजार पांच सौ निन्यानवे सफल उर्दू संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट मई में दैनिक जागरण ने लिखा है अनामिका कमलकांत और हुसैन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रभात खबर लिखता है बिजली दरों में वृद्धि की सम्भावना नहीं खेती को और सस्ती हो सकती है बिजली दैनिक भास्कर ने लिखा है एनएचपीसी को डगमारा प्रोजेक्ट के लिए पांच सौ करोड़ रूपये देगा बिहार अमृत महोत्सव से जुड़ी खबर को दैनिक आज ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है देश में एक दिन में मिले कोरोना के तेईस हजार दो सौ पचासी मरीज ढाई महीने में सबसे अधिक और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार के पांच साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा

अब तक बारह लाख निन्यानवे हजार से अधिक लोगों को दिये जा चुके हैं टीके